छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने असम में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए इसरो उपग्रह प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संचार उपग्रह जीसैट तीस का आज तड़के एरियन पांच रॉकेट से फ्रेंच गयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया इसरो ने बताया कि जीसैट तीस टेलीविजन द्रसंचार और प्रसारण के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराएगा तीन हजार तीन सौ संतावन किलोग्राम के इस उपग्रह में बारह सी और बारह केयू बैंड के ट्रांसपोंडर लगे हैं यह अपेक्षाकृत अधिक कवरेज के साथ इनसैट फोर ए का स्थान लेगा जिसकी अवधि समाप्त हो रही है भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया खाड़ी देश और बड़ी संख्या में अन्य एशियाई देश भी इसके दायरे में आयेंगे यह उपग्रह पंद्रह वर्ष तक काम करेगा इसरो ने बताया कि जीसैट तीस का पेलोड विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि ट्रांसपोंडरों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जा सके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल के पहले मिशन संचार उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं परीक्षा पे चर्चा देश के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेंगे श्री मोदी प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे छत्तीसगढ़ से भी करीब बीस विद्यार्थियों का दल प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होगा इसमें दंतेवाड़ा बलौदाबाजार कबीरधाम अंबिकापुर सहित प्रदेशभर से छात्र छात्राएं शामिल होंगी रेलवे स्वच्छता क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन को स्वच्छतम रेलवे के रूप में चिन्हित किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के तीनों मंडल बिलासपुर रायपुर और नागपुर के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों प्लेटफॉर्मों परिसरों और कॉलोनियों सहित सभी रेलवे क्षेत्र को स्वच्छ रखने का कार्य गंभीरता के साथ किया जा रहा है इसके कारण बिलासपुर जोन को यह उपलब्धि हासिल हुई है इस जोन के अंतर्गत दो सौ तिरासी स्टेशन आते हैं सभी स्टेशनों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है हाईकोर्ट फोरलेन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रायपुर बिलासपुर फोरलेन निर्माण कार्य को आगामी पंद्रह फरवरी तक पुरा करने का आदेश दिया है अगली सुनवाई बीस फरवरी को की जाएगी मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने दुर्ग निवासी रजत तिवारी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया कोर्ट में राज्य सरकार ने अपने जवाब में बताया कि रायपुर के सिलतरा के पास लगभग छह सौ मीटर सड़क निर्माण का कार्य बचा हुआ है सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए समय दिए जाने की मांग की इस पर कोर्ट ने एक माह का समय दिया सम्मान समारोह प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव में जीतकर आए कांग्रेस के महापौर सभापति नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ करीब तेरह सौ पार्षदों का सम्मान किया इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीतने वाले सभी पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की है वह तारीफ के काबिल है इसके लिए जनता का आभार जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भरोसा जताया इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने अधिकारियों को पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण पारदर्शी और त्र्टिहीन संपन्न कराने युद्धस्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं श्री ठाकुर ने आज दुर्ग संभाग के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित आयोग द्वारा भेजी गई सभी जानकारियां समय सीमा में प्रेषित करें साथ ही प्रत्याशियों से व्यय की जानकारी भी प्राप्त करें उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रकृति अलग होती है ऐसे में प्रशिक्षण के दौरान इसके सभी पक्षों की जानकारी दें माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने तीन माओवादियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक माओवादी पर एक लाख रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के मुताबिक कटेकल्याण थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान चिखपाल और किलेपाल के जंगल से डीकेएमएस अध्यक्ष पाण्डु माड़वी जनमिलिशिया सदस्य मुचाकी मुरा और सीएनएम सदस्य मुड़ाराम को घेराबंदी कर पकड़ा गया उधर कोंडागांव जिले में मर्दापाल थाना क्षेत्र के ग्राम मतवाल के पास आज माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है टोल प्लाजा तोड़फोड़ राजनांदगांव जिले में ग्राम ठाकुरटोला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल नाके में फास्टैग लागू किए जाने के बाद स्थानीय गाड़ियों को फ्री पासिंग नहीं दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों और फोरलेन बनाने वाली कंपनी के बीच विवाद काफी बढ़ गया है कल स्थानीय लोगों ने टोल नाके के बैरियर पर तोड़फोड़ कर वहां रखे उपकरणों को नुकसान पहुंचाया इस दौरान झ्रमाझटकी में थानेदार सहित दो पुलिसकर्मी घायल भी हो गए इस विरोध प्रदर्शन में महापौर हेमा देशमुख भी शामिल थीं लोगों ने जेसीबी से नाके के दोनों ओर बैरियर को हटाकर बायपास का रूप दे दिया हालांकि कंपनी ने लोगों द्वारा बनाए गए बायपास मार्ग को आज फिर से बंद कर दिया स्थानीय प्रशासन इस पूरे विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है जोगी एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बिलासपुर स्थित मरवाही सदन में एक कर्मचारी के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर धारा तीन सौ छह के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है इस बीच अमित जोगी ने उनके और उनके पिता के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हए घटना की न्यायिक या सीबीआई जांच की मांग की है खेलो इंडिया छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने असम में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए हैं इस प्रतियोगिता में राज्य से तेरह खेलों के लिए एक सौ दो खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ को सत्रह और इक्कीस आयु वर्ग के बालिका कबड़डी प्रतियोगिता में कांस्य और जूडो में अनमोल को कांस्य पदक मिला है वहीं भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव ने पैंतालीस किलोग्राम वजन वर्ग और इकसठ किलो स्नेच तथा छिहत्तर किलो जर्क यानी कुल एक सौ सैंतालीस किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक पर कब्जा किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों और खेल मंत्री उमेश पटेल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप खेलो इंडिया प्रतियोगिता में व्यक्तिगत खेलों में रजत पदक विजेता को पौने दो लाख रूपये कांस्य पदक विजेता को डेढ़ लाख और कबड्डी विजेता दल के प्रत्येक सदस्य को पचास पचास हजार रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उन्नीस जनवरी को एकदिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं इस दौरान श्री कुलस्ते कांकेर में नागरिकता संशोधन कानून पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्ति के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर कल रायपुर स्थित पीआईबी कार्यालय में अपर महानिदेशक एसएस पनतोड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज महासमुंद जिले के पिथौरा थाना का औचक निरीक्षण कर थाना प्रभारी को जरूरी निर्देश दिए जगदलपुर में बस्तर जगार शिल्प उत्सव मेला कल से शुरू होगा यह मेला आगामी अट्ठाईस जनवरी तक चलेगा बलरामपुर जिले में आज चांदो से अंबिकापुर जा रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं जिनमें छात्र छात्राएं भी शामिल हैं घायलों को बलरामपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है महासमुंद जिले में दस सूत्रीय मांगों को लेकर जारी चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई है

जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा के पास ग्राम सतगढ़ में धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर दो ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है

और कोरबा जिले में कटघोरा वनमंडल के केंदई वन परिक्षेत्र में बयालीस हाथियों के दल ने क्षेत्र के ग्राम बालापचरा और खुरूभाठा में आठ मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है

इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में ईंधन अधिक न खपाएं आओ पर्यावरण बचाएं के स्लोगन के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा